दो अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बात बडे प्रसन्नता की है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है ये संस्थान हैं ग्जरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्वति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने को लिए चुना है श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास स्वास्थ्य संबंधी महान विरासत है लेकिन यह सारा ज्ञान पुस्तकों शास्त्रों और दादी नानी के नुस्खों के रूप में है प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार इस ज्ञान का विकास और उपयोग करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि अनुसंधान के जरिये प्राचीन चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को समन्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं

यह राज्य इस वर्ष चक्रवात बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे

जन आंदोलन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल के निदेशक प्रकाश पाण्डे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

हिन्द् पंचांग के अनुसार दो तिथियां एक ही तारीख में पड़ने के कारण यह स्थिति बन रही है प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस का पर्व मनाया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने श्भकामना संदेश में धनतेरस की शुभकामनाएं दी है उन्होंने लोगों के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उच्च स्वास्थ्य की कामना की है आज रूपचौदस के अवसर पर वातावरण और शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है साथ ही इष्टदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में रूपचौदस के दिन उबटन लगाने की परंपरा भी है रूपचौदस को ही नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है